लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश के बारह जिलों की दस संसदीय सीटों पर आज शांतिपूर्ण ढग से मतदान सम्पन्न हो गया

इस चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीभीत सीटों पर एक सौ बीस प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये इन जिलों में बारह हजार एक सौ अट्ठाईस मतदान केन्द्र और बीस हजार एक सौ बीस मतदेय स्थल बनाये गये मतदान सुबह सात बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक सम्पन्न हो गया इस चरण में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से केन्द्रीय राज्य मंत्री संतोष गंगवार बरेली से भाजपा नेता वरूण गांधी पीलीभीत से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा रामपुर से चुनाव मैदान में हैं वहीं फिरोजाबाद सीट पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का मुकाबला उनके भतीजे अक्षय यादव से हैं तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सोलह प्रत्याशी बरेली लोकसभा सीट से हैं जबकि सबसे कम छह प्रत्याशी फिरोजाबाद सीट से हैं मतदान के दौरान संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सरक्षा के विशेष इंतजाम किये गय इसके साथ ही मतदान स्थलों पर एक हजार नौ सौ नवासी डिजिटल कैमरे और एक हजार दो सौ पचपन वीडियो कैमरे लगाये गये दो हजार एक सौ बासठ मतदान केन्द्रो की वेबकास्टिंग भी कराई गई इस बार एक हजार सात सौ चौवालीस माइक्रो आब्जर्वर एक हजार छह सौ दस सेक्टर मजिस्ट्रेट एक सौ छियासी जोनल मजिस्ट्रेट और तीन सौ अट्ठावन स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही दस सामान्य प्रेक्षक पांच पुलिस प्रेक्षक दस व्यय प्रेक्षक और सैंतालीस सहायक व्यय प्रेक्षक लगाये गये मतदान के लिये अट्ठासी हजार छह सौ इक्यासी कर्मचारी डयूटी पर तैनात किये गये मैनपुरी जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया एक रिपोर्ट मैनपुरी में मतदाताओं ने बढचढ़ कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई कुछ जगहों पर मतदान बहिष्कार और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद उसे दूर कर दिया गया जिसके बाद मतदान सुचारू रूप से चला इस संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य के बीच कड़ा मुकाबला है नीरज कुमार शर्मा आकाशवाणी समाचार मैनपुरी बरेली जिले में भी मतदान के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया

मतदान को लेकर लोगो मे खास उत्साह देखने को मिला मतदान शुरू होने से पहले ही लोग पोलिंग बूथ के बाहर जमा हो गये बड़ी संख्या में वृद्ध युवाओं और महिलाओं ने पोलिंग ब्रथ पहुचकर अपने मत का प्रयोग किया मतदान के दौरान कई पोलिंग ब्रथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचनाएं भी मिली लेकिन बाद में उन्हें ठीक कराकर मतदान पुनः शुरू कराया गया इस सीट पर कोन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और सपा बसपा गंठबंधन प्रत्याशी प्रदेश के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार चनाव मैदान में है नाजिया अंजुम आकाशवाणी समाचार बरेली

हमारे प्रतिनिधि ने बताया पीलीभीत जनपद में आज शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया मतदाताओं में सुबह से ही मतदान के प्रति भारी उत्साह और जोश देखा गया रमनगरा क्षेत्र में नाव से आकर लोगों ने मतदान किया वहीं पिपरा खास में लोगों ने दोपहर तक मतदान बहिष्कार हुआ लेकिन जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद मतदान सुचारू रूप से शुरू हो गया पीलीभीत सीट पर भाजपा नेता वरूण गांधी और सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी हेमराज वर्मा चुनाव मैदान में हैं आज तेरह प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीभीत आगरा संसदीय क्षेत्र के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के जेटौरा गांव के प्राइमरी स्कूल पर बूथ संख्या चार सौ पचपन पर पुनमतदान कराया जायेगा पुनमतदान पच्चीस अप्रैल को होगा

वहीं आगरा उत्तर विधानसभा उप चुनाव के लिये कांग्रेस ने रणवोर शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है इस सीट पर उप चुनाव उन्नीस मई को होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महोबा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश द्रोहियों के साथ है उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है श्री योगी ने भरोसा दिलाया कि केन्द्र में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर आतंकवाद नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा शाहजहांपुर में आज उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश से गरीबी मिटाने के लिये पहले भष्टाचार को मिटाना जरूरी है उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नये आयाम स्थापित करेगा श्री मौर्य ने लोगों से बढ़चढ़ कर वोट करने की अपील की वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने आज हरदोई के कछौना में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की एक चूनावी जनसभा में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है वहीं भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन से कांग्रेस और भाजपा भयभीत है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिये गूमराह कर रही है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरैया में चुनावी जनसभा का संबोधित करते हुये केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला और इटावा से गठबंधन प्रत्याशी कमलेश कठेरिया के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की इस बीच सपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू से मुलाकात कर रामपुर में ईवीएम की खराबी तथा बदायू में प्रदेश के एक मंत्री द्वारा मतदान को प्रभावित करने की शिकायत की

इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है उन्होंने कहा कि तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किये गये हैं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

छठें चरण के लोकसभा चुनाव के लिये नामांकन के अंतिम दिन आज जौनपुर संसदीय सीट से चौदह और मछलीशहर संसदीय सीट से ग्यारह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया आजमगढ़ की लालगंज सुरक्षित सीट से तोन प्रत्याशियों ने और भदोही से चौदह प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भरे प्रदेश की इन चौदह लोकसभा सीटों के लिये आज नामांकन पत्र दाखिल करन का अंतिम दिन था कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि छब्बीस अप्रैल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे

उच्चतम न्यालयालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामले में उनकी टिप्पणी पर अवमानना का नोटिस जारी किया है इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से उद्घत किया गया

न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने मीनाक्षी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी